इस अभियान के तहत प्रदेश में घर घर जाकर टीबी कुष्ठरोग मध्मेय और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी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

रेणुका अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेला आज भगवान परशुराम की पालकी की पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से आरंभ हो गया उपायुक्त सिरमौर आरके परूथी ने इस मौके पर भगवान परशुराम की पालकी को कंधा दिया जबकि राज परिवार की ओर से देव पालकियों का स्वागत किया गया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 उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति और परम्पराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मेला सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है इस महामारी के चलते बच्चों और बुजुर्गो को मेले में न आने की सलाह दी गई है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

हमारे कुल्लू प्रतिनिधि आशीष शर्मा के मुताबिक जिले की ऊंची चोटियों में आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है प्रसिद्व पर्यटक स्थल सोलंग नाला ध्रंधी कोठी और गुलाबा में भी आज द्सरे दिन बर्फबारी हुई जिसका आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे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

चुनाव इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला और डैंटल कॉलेज टीचर एसोसिएशन सैमडिकॉट के आज सम्पन्न चुनाव में डॉक्टर राजेश सूद को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया इसके अलावा डॉक्टर रामलाल शर्मा को उपाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा को महासचिव और डॉक्टर सुधीर शर्मा को कोषाध्यक्ष च्ना गया